मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने राशि जारी करने के लिए केंद्रीय गृह मामले व वित्त मंत्रालय का आभार व्यक्त किया है

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला शहर के लिए जलापूर्ति उपायों की समीक्षा के लिए आज शिमला में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लघू व दीर्घकालीन योजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि अधिकांश कार्य एक वर्ष में पूरा किया जा सके और अगले साल गर्भियों में शिमला में जल का संकट न हो जयराम ठाकुर ने विभिन्न योजनाओं में जल क्षमता बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की जा रही मध्यकालीन योजनाओं के कार्य में भी तेजी लाने को कहा मुख्यमंत्री ने नगर निगम शिमला के अधिकारियों को पानी का रिसाव रोकने व कैगनेनो से ढली के बीच मुख्य जलापूर्ति लाईन को बदलने के कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए जयराम इस बीच मुख्यमंत्री ने एक अन्य बैठक में कहा कि प्रदेश के तीनों दुग्घ प्रसंस्करण संयंत्रों का आधुनिकीकरण किया जाएगा इसके अलावा डेयरी क्षेत्र में लगे किसानों की सुविघा के लिए बाजार के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगें उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयुक्त विपणन रणनीति अपनाई जाएगी ताकि दूध संघ स्थानीय बाजार क्षमता पर पूंजीकरण कर सकें इस मौके राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष दीलीप रथ ने सुझाव दिया कि सरकार को दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए किसानों को पौष्टिक भोजन और शिक्षण कार्यक्रमों जैसी रणनीति अपनानी चाहिए महेंद्र सिंह सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज शिमला में एक बैठक में विभाग के कार्यों की समीक्षा की उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विघवाओं को पैंशन का लाभ समय पर न देने के लिए असंतोष जताया महेंद्र सिंह ठाकुर ने इस संबंध में पूरे तथ्यों सहित मामला प्रस्तुत करने के लिए विमाग को निर्देश देते हुए अतिरिक्त अनुग्रह अनुदान राशि के मामले तुरंत निपटाने को कहा है उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को स्वीकृत करने की शक्तियां सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक को दी जानी चाहिए महेंद्र सिंह ने झंडा दिवस निधि व पुनर्वास और पुनःनिर्माण निधी के तहत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी लाभार्थियों में आबंटन न किए जाने पर भी नाराजगी जताई मार्कण्डा कृषि मंत्री रामलाल मार्कण्डा ने आज लाहौल स्पिति जिले के काजा में एकीकृत जनजातीय विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

रामलाल मार्कण्डा ने पिछली बैठक में विभिन्न विभागों को दिए गए लक्ष्यों की भी समीक्षा की उन्होंने स्पीति क्षेत्र में बनने वाले मकान व पानी के टैंकों को जियो टैग करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए

विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में विरासत में मिली चुनौतियों को संभावनाओं में बदलने का काम किया जा रहा है कुल्लू ज़िले के नग्गर के समीप घुड़दौड़ गांव में योग व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का शिलान्यास करने के बाद आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये विचार व्यक्त किए उन्होंने कहा कि घुड़दौड़ में योग व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बनने से योग के माध्यम से विभिन्न बीमारियों का ईलाज होगा इस मौके वन मंत्री गोबिंद ठाकुर और राज्य सभा सांसद अमर सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए

राज्यपाल आचार्य देववत को लिखे एक पत्र में उन्होंने राज्य सरकार की सराहना की है राष्ट्रपति ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए नागरिक अभिनंदन और राजभवन में राज्यपाल द्वारा भोज की मेजबानी के लिए भी आभार जताया है उन्होंने मशोबरा में अपने प्रवास को यादगार बताया

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बातचीत में कहा कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में देश को उनसे बड़ी उम्मीदे हैं उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए नई तकनीक और अनुसंधान के उपयोग की जरूरत पर बल दिया बाद में परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने शिमला में वन मुख्यालय में विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर प्रदेश में मौजूद इक्को टूरिज्म की अपार संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि किसानों के विकास से ही देश का विकास जुड़ा है भारतीय उद्योग संघ की हिमाचल इकाई द्वारा आज शिमला में आयोजित सीआईआई हिमाचल एप्पल कनकलेव की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही आचार्य देवव्रत ने कहा कि किसानों को जब उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा कृषि लागत कम होगी और तैयार उत्पाद स्वास्थ्यवर्द्वक होंगे तभी विकास सही अर्थों में आगे बढ़ेगा राज्यपाल ने कहा कि रासायनिक खेती कर जमीन की उपजाउ शक्ति कम हो गई और लागत बढ़ गई है उन्होंने कहा कि फलों सहित सब्जियों व खाद्यान्नों पर विभिन्न तरह के रासायनों का छिड़काव होने से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और इस पर चिंतन करने की जरूरत है वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि कुटलैहड़ निर्वाचन क्षेत्र में समुचित पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता है और इस दिशा में हर संभव कदम उठाए गए हैं

उन्होंने कहा कि मात्र मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए प्रभावशाली लोग क्षेत्र में पेयजल समस्या को लेकर बेवजह हल्ला न मचाएं

आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि नई दरें आज से प्रभावी हो गई हैं और डिपुओं में मिलने वाली सस्ती चीनी के दाम भी अगले माह से कम हो जाएंगे किशन कपूर ने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार के समय पर न तो डिप्ओं पर राशन की सप्लाई होती थी और न ही गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता था

रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कुल्लू ज़िले की लगघाटी में नागूझौड़ माशना थाच सड़क का आज उद्घाटन किया और पथ परिवहन निगम की बस को हरी इंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने क्षेत्र में दोघरी गांव के लिए एम्बुलेंस सड़क का भी लोकार्पण किया

इस अवसर पर पूर्व सांसद महेश्वर सिंह सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे सरवीण चौघरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौघरी ने कहा है कि सरकार खेलों के आधारभूत ढांचे को विकसित करने पर बल दे रही है

सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास योजना शुरू करने जा रही है जिसके तहत हर विघानसभा क्षेत्र में एक एक खेल मैदान विकसित किया जाएगा

इस दौरान जांगलाभूड कोलावांलाभूड और क्यारी में जनसभाओं को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को घर द्वार पर मूलमूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है इस मौके सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी उन्होंने कोलांवालाभूड पंचायत घर के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए तीन लाख रूपए देने की घोषणा की मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बाद दोपहर वर्षा हुई जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में इन दिनों सामान्य से अधिक गर्मी होने से गलेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है तेलिंग नाले में रोज़ाना दोपहर बाद बाढ़ आने से लेह जाने वाले पर्यटकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है राजधानी शिमला व आस पास के इलाकों में बाद दोपहर जोरदार बारिश हुई जिससे मौसम सुहावना हो गया है

विमाग ने मध्य पर्वतीय और निचले मैदानी क्षेत्रों में कुछ इलाकों में गरज के साथ वर्षा व तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है

यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मिलकर आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगें पूरी करने की मांग की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया